प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से जनता कर्फ्यू की अपील की थी यह एक स्वैच्छिक अभियान है जो स्बह सात बजे से श्रू हआ और रात नौ बजे तक चलेगा इस दौरान सार्वजनिक परिवहन नहीं चल रहे हैं या कहीं कहीं सीमित तौर पर चल रहा है आवश्यक वस्त्ओं की बिक्री से संबंधित द्कानों को छोड़ कर सभी बाजार और द्कानें बंद हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आवश्यक सेवाओं से ज्डे लोगों का आभार व्यक्त करने की अपील की थी राज्यों के म्ख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी दल गत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों से स्वेच्छा से जनता कर्फ्यू का पालन करने का आग्रह किया है

राज्य की राजधानी ईटानगर में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं

श्री मोदी ने लोगों से किसी भी प्रकार की यात्रा से बचने की अपील की है उन्होंने कहा कि ऐसा करके वे न केवल अपने बल्कि अपने परिवार के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं

म्ख्यमंत्री ने त्वरित गति से सूचनाओ के प्रचार प्रसार के लिए जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारियो की सेवाएं लेने का निर्देश दिया है जिला उपाय्क्तो प्लिस अधीक्षको और जिला चिकित्या अधिकारी के साथ वीडिओ कांफ्रेंसिंग के दौरान म्ख्यमंत्री ने सेनेटाइजर और स्रक्षा मास्क को तैयार करने के लिए स्व सहायता समूहो को शामिल करने को कहा है श्री खांडू ने जहाँ जरुरी हो रेडियो टेलिविजन सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्रचार माध्यम पर स्थानीय भाषाओ में सूचनाए प्रसारित करने का सुझाव दिया है

राज्य के लोग डर के कारण आवश्यक वस्त्ओ को जमा न करे इसके लिए म्ख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से लोगो को विश्वास में लेने का आग्रह किया है

आज मध्य रात्रि तक कम से कम संख्या में उपनगरीय रेलगाडियां और कोलकाता मैट्रो रेल सेवाएं चलाई जाएंगी आज सुबह चार बजे से पहले रवाना ह्ई रेलगाडियों को आगे की यात्रा पर जाने दिया जाएगा देश में आवश्यक वस्त्ओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मालगाडियों की सेवा भी जारी रहेगी

उन्होंने कहा कि सोशल मिडिया के माध्यम से क्छ तत्व राज्य में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे है श्री ओबिंग ने लोगो से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि राज्य स्वास्थ्य विभाग इस महामारी को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क है